मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी से देश व प्रदेश की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है और कोरोना ने पूरी दुनिया को अपनी विकास प्राथमिकताओं की फिर से योजना तैयार करने पर विवश कर दिया है जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को मैडिकल कॉलेज नेरचौक को आपातकालीन चिकित्सा मामलों को देखने के भी निर्देश दिए इससे पहले मुख्यमंत्री ने कांगनीधार में निर्माणाधीन संस्कृति सदन का निरीक्षण किया और अधिकारियों को इसका निर्माण तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए जयराम इस बीच मुख्यमंत्री ने मंडी में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि सरकार चीन की हरकतों को लेकर पूरी तरह से सजग है और किसी प्रकार की घूसपैठ को बर्दाशत नहीं किया जाएगा एक सवाल पर जयराम ठाकुर ने कहा कि मंडी शहर को नगर निगम का दर्जा देने को लेकर विधानसभा के मॉनसून सत्र में चर्चा की जाएगी और उसके बाद ही इस पर निर्णय लिया जाएगा कैबिनेट फैसले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम मिशन कर्मयोगी को मंजूरी प्रदान की यह कार्यक्रम सरकारी कर्मचारियों के लिए क्षमता निर्माण का आधार होगा ताकि वे विश्वभर से उत्कृष्ट कार्य पद्धतियां सीखते हुए भारतीय संस्कृति से भी निरंतर जुड़े रहें मिशन कर्मयोगी का लक्ष्य भविष्य के लिए ऐसे भारतीय लोक सेवक तैयार करना है जो अधिक रचनात्मक चिंतनशील नवाचारी व्यावसायिक और प्रौद्योगिकी सक्षम हों सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि कर्मयोगी योजना मानव संसाधन विकास की दिशा में सरकार की सबसे बड़ी पहल होगी उन्होंने कहा कि इसका उदेश्य ऐसे अधिकारी व कर्मचारी पैदा करना है जो लोगों की आकांक्षाओं पर खरा उतर सकें

शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने आज शिमला से वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से बोर्ड के अधिकारियों और विभिन्न विशेषज्ञों के साथ एक बैठक में बताया कि स्कूलों में अध्यापन दिवस बढ़ाए जाएंगे ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो गोविंद ठाकुर ने कहा कि स्कूलों में शीतकालीन अवकाश और दूसरे शनिवार के अवकाश के दिन भी शिक्षण गतिविधियां चलाई जाएंगी उन्होंने बताया कि इन अध्यापन दिवसों के दौरान भी विद्यार्थियों को हर घर पाठशाला और अन्य ऑनलाईन माध्यमों से शिक्षण सामग्री दी जाएगी

शिमला के एएस पी प्रवीर ठाकुर ने बताया कि सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चॉकचौबंद रहेगी लेकिन पुलिस जवानों में सामाजिक दूरी को बनाए रखने के लिए ये निर्णय लिया गया है उन्होंने कहा कि विधानसभा में प्रवेश करने वालों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी ताकि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके कोविड टैस्ट कुल्लू के क्षेत्रीय अस्पताल में भी अब कोरोना के टैस्ट होंगे कुल्लू के मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुशील शर्मा ने बताया कि अभी आपातकालीन टैस्ट ही किए जाएंगे और इसके लिए अस्पताल में मशीन स्थापित की गई है

एनएसयूआई छात्र संगठन एनएसयूआई की प्रदेश इकाई ने कोरोना महामारी को देखते हुए राज्य सरकार व विश्वविद्यालय प्रशासन से स्नातक स्तर के पहले और दूसरे वर्ष के छात्रों को अगली कक्षा में स्तरोन्नत करने की मांग की है इकाई के प्रदेश महासचिव बलविंद्र सिंह ने कहा कि कॉलेजों द्वारा विद्यार्थियों को स्तरोन्नत किए बिना ही अगली कक्षा का पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है जिससे विद्यार्थी असमजस में है